कल से इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन हो जायेगा सामान्य संसद ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक पारित किया

अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के समाधान के लिए छह अगस्त से उच्चतम न्यायालय में प्रतिदिन सूनवाई होगी सूप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने ये व्यवस्था दी प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मध्यस्थता के सभी प्रयास विफल रहे हैं जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया गया है इससे पहले पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने सील बंद लिफाफे में मध्यस्थता में हुई प्रगति के बारे में स्थिति रिपोर्ट सौंपी पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपूर दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो गया है बाढ़ के कारण पिछले पांच दिनों से इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद था पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आज दिन के तीन बजकर अड़तालीस पर जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन चलायी गयी इससे पूर्व पटरी पर मालगाड़ी चलाकर ट्रायल किया गया उन्होंने बताया कि कल से इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रर्व की तरह सुचारू हो जायेगा गौरतलब है कि हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास बागमती नदी पर बने रेल पुल संख्या सोलह पर पानी के दबाव के कारण इस रेल खंड पर पिछले पांच दिनों से ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद थी प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब सामान्य होने लगी है अधिकांश नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है हालांकि क्छ नदियां अभी भी कई स्थानों पर लाल निशान के आसपास बनी हुई हैं लेकिन इनके जलस्तर में स्थिरता की प्रवृति देखी जा रही है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बाढ़ का पानी उतरने के साथ लोग राहत शिविरों से अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं प्रभावित इलाकों में महामारी की आशंका को देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब केवल सीतामढ़ी और मूजफ्फरपूर जिले में दो दो राहत शिविर चलाये जा रहे हैं जहां लगभग साढ़े बारह हजार लोगों ने शरण ले रखी है वहीं चार सौ बयालीस सामूदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा है बचाव कार्यों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ और एसएसबी की सताईस टीमें लगी हुई हैं विभाग के अनुसार बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक एक सौ तीस लोगों की मौत हो चुकी है प्रदेश में मॉनसून कमजोर हो गया है मौसम विभाग के अनुसार अभी प्रदेश में स्थानीय कारणों से कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूर्णिया वैशाली और सिमरी बख्तियारपूर में तीन तीन सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतकवाद के खिलाफ एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया बाईट अगर हम एक मत के साथ यहां से पारित करते हैं तो विश्वभर के अंदर हमारी ऐजेंसी के लिए अच्छा संदेश जाएगा और विश्वभर के आतंकवादियों के अंदर भी एनआईए की धमक बढ़ेगी हमारे कानून की धमक बढ़ेगी और कम से कम आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी यह सदन एक मत है ऐसा एक संदेश जाएगा विधेयक में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ सड़सठ में संशोधनों का प्रावधान है एक रिपोर्ट बाईट इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार को आतंकी गतिविधियों से किसी भी रूप में जुड़े व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार है इससे पहले सरकार सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी घोषित कर सकती थी साथ ही इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को भी यह अधिकार दिया गया है कि वे एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में अभियुक्तों या संगठनों की सम्पत्ति की कुर्की का आदेश जारी कर सकते हैं सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा उच्चतम न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया कि वह आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को अपनी आवाज के नमूने जांच एजेंसियों को देने का निर्देश दे सकते हैं आई पी सी के तहत अब तक अभियूक्त अपनी आवाज के नमूने देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थे प्रदेश में बालू खनन की ड्रोन और सेटेलाईट के माध्यम से निगरानी होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें बालू के व्यापार पर किसी का एकाधिकार नहीं हो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में पटना एम्स के चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं इस कारण ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं डीएमसीएच दरभंगा के डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गये हैं इधर पटना आई जीआईएमएस के डॉक्टरों ने जनहित में काम पर लौटने का फैसला किया है हालांकि डॉक्टरों के संघ ने कहा है कि वे बिल का विरोध जारी रखेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में हड़ताली डॉक्टरों से मुलाकात कर हड़ताल वापस लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि यह विधेयक चिकित्सकों रोगियों और देश के हित में है पितृपक्ष में इस बार बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से गया में पिंडदान की व्यवस्था की गयी है इसके लिए उन्नीस हजार नौ सौ पचास रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है इच्छुक व्यक्ति कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर ब्रकिंग कर सकते हैं लोगों को प्ररी पिंडदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी उपलब्ध करायी जायेगी प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोध गया में पिछले छह महीने के भीतर पांच लाख तीन हजार सात सौ पैंसठ पर्यटकों का आगमन हआ इनमें विदेश से आने वाले पर्यटक भी शामिल हैं छत्तीसगढ़ के मारडूम थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदली गांव में गश्ती के दौरान शहीद सीआरपीएफ जवान रौशन कुमार का आज नालंदा जिले के फतेहपुर में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया शहीद जवान की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए रोहतास जिले के सताईस पूलिस अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है पूलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने बताया कि जिन कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया उनमें बाईस थाना अध्यक्ष और सात पुलिस निरीक्षक शामिल हैं वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव से पुलिस ने पांच सौ कार्टन शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है बरामद शराब की कीमत लगभग पचास लाख रूपये बतायी जाती है मौके से एक पिकअपवैन और दो मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है वहीं भागलपुर जिले में जीरोमाइल थाना क्षेत्र के बाईपास पर पूलिस ने एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना क्षेत्र के लठिया कोरासी गांव से एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीम ने दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है सारण जिले के भगवान बाजार के थाना प्रभारी देव कुमार को निलंबित कर दिया गया है निलंबित पूलिसकर्मी पर एक सेवानिवृत होमगार्ड के जवान से काम करवाने का आरोप है इस मामले में होमगार्ड जवान को भी गिरफ्तार किया गया है सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय जयनगरा में मध्याहन भोजन खाने से बारह से अधिक बच्चे बीमार हो गये सभी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है

जिलाधिकारी इनायत खान ने बताया कि जिले में एक हजार एक सौ चालीस कुए हैं जिसमें केवल एक सौ पंचानवे कुएं में ही पानी उपलब्ध है

कल से इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन हो जायेगा सामान्य संसद ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक पारित किया